इस दौरान सात सौ चौवन लोगों ने कोरोना को मात दी इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गयी है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर छियासठ दशमलव सात दो प्रतिशत पहुंच गया है राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या नौ हजार सात सौ तीस है सबसे अधिक रांची में दो हजार तीन सौ तेरह सक्रिय मरीज हैं जबकि गोड्डा में सबसे कम छिहत्तर एक्टिव मामले हैं दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम में दो हजार दो सौ चौरासी संक्रमित मरीज मिले हैं अब तक बीस हजार एक सौ छेह लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वाले की संख्या बढ़कर तीन सौ अट्ठारह हो गयी है इस दौरान सबसे अधिक दो सौ संतावन नये संक्रमित रांची से जिले से मिले जबकि पूर्वी सिंहभूम से एक सौ छियालीस गिरिडीह से तिरासी देवघर से चौसठ बोकारो में बासठ धनबाद में अठारह पलामू में पैतालीस पश्चिमी सिंहभूम में इक्तालीस रामगढ़ में चौंतीस हजारीबाग में इकतीस लातेहार में सताईस साहिबगंज में चौबीस कोडरमा में उन्नीस लोहरदगा में सोलह गढ़वा में पंद्रह खूंटी में चौदह सरायकेला में दस नये मरीज मिले हैं

स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद श्री सोरेन ने कोरोना जांच करायी थी मुख्यमंत्री के साथ उनके परिजनों तथा आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का स्वाब सैंपल लिया गया था मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन भी निगेटिव पायी गयी हैं श्री सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद से पिछले चार दिनों से होम आइसोलेशन में हैं इस बैठक में शामिल होने वाले कृषि मंत्री बादल की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है

सभी छह मरीज बैंक कर्मचारी हैं इससे पूर्व बैंक की सुरक्षा में तैनात चार सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव पाये गये थे राज्यसभा सांसद शिब् सोरेन को आज रांची स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है पिछले दिनों वे कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह की कोरोना रिपार्ट निगेटिव आयी है इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है

यह स्पष्टीकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है

यह फैसला आज नई दिल्लीं में हुई बैठक में लिया गया है हमारे संवाददाता के अनुसार पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यसमिति को उनके स्थान पर नया अध्यक्ष चुने जाने का आग्रह किया था बैठक में मनमोहन सिंह अशोक गहलोत अमरिन्दीर सिंह भूपेश सिंह बघेल चिदंबरम एके एंटनी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया

एडीजी आरके मल्लिक समेत जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने निर्माण स्थल का मुआयना किया तोरपा के सारितकेल में लगभग सताइस एकड़ में बननेवाली वाहिनी का आवासीय परिसर में लगभग डेढ़ हजार जवानों और उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था होगी सरकार की ओर से आदिम जनजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से यह योजना बनायी गयी है

कृषि निदेशक ने बताया कि राज्य में बियालीस हजार टन यूरिया खाद की जरूरत है इसकी तुलना में करीब इक्कीस हजार टन खाद आ गया है एक रैक यूरिया कल रांची पहंचा है अगले दो से तीन दिनों के अंदर और दो रैक यूरिया झारखंड आएगा यूरिया की कालाबाजारी पर अंकृश को लेकर सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है

श्री देव ने विकेताओं से कहा कि कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर यूरिया की बिकी करनेवालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

पिछले बारह वर्षो से सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से क्षब्ध ग्रामीणों ने खूद ही राशि एकत्रित कर अस्पताल भवन निर्माण को पूरा करने का बीड़ा उठाया है

केन्द्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्त् और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरु कर दिया है आधार प्रमाणन के इच्छक लोगों को तीन कार्यदिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि मारपीट के दौरान बारह राउंड के करीब गोलियां और बम भी चले हैं

पुलिस ने मौके से छह खोखे और बम भी बरामद किया है

कोरोना संकमण को लेकर एहतियात बरतते हुए पहली बार ये पुरस्कार वर्चअल दिये जाने हैं समारोह में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार ध्यानचंद प्रस्कार तेंजिंग नोर्ग नेशनल एडवेंचर पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और एनआईसी द्वारा किया जाएगा

सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है सरकार ने लोगों को इस तरह के भ्रामक द्वष्प्रचार से बचने की सलाह दी है

इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है मौसम पूर्वनुमान के अनुसार पच्चीस अगस्त को पूर्वी और पष्चिमी सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावा देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाक्ड़ और साहेबगंज में एक दो जगह भारी बारिष हो सकती है

संक्षिप्त खबरें हजारीबाग के इचाक थानाक्षेत्र में आज तीन लोगों की मौत हो गयी जिसमें दो युवक और एक अस्सी वर्षीय बुजुर्ग शामिल है बोकारो के पिंडराजोरा थानाक्षेत्र के अलग अलग इलाके में दो युवकों का शव मिला